इस वर्ष केन्द्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल रूप में ही उपलब्ध होगा और इसे एंड्रॉइड तथा आईओएस प्लेटफॉर्म दोनों पर मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से देखा जा सकता है इस बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों की भी बहुत सी अपेक्षाएं हैं

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग केंद्रीय बजट पर कल दिनभर विशेष कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण करेगा इन कार्यक्रमों में बजट पर आर्थिक विशेषज्ञों का गहन विश्लेषण विशेष बजट ब्लेटिन बजट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं और विशेष साक्षात्कार भी मुख्य रूप से प्रसारित किए जाएंगे

आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि यह गर्व की बात है आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बना टीका देश की आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव का प्रतीक है श्री मोदी ने कहा कि उन्हें कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से ऐसे संदेश मिलते हैं जिनमें इसके लिए भारत की प्रशंसा की जाती है प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अपने साथ साथ दुनिया की भी जरूरतें प्री करने में सक्षम हो रहा है श्री मोदी ने कहा कि अब देश में असाधारण कार्य कर रहे आम लोगों को पदम पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि यह हमारे उन महानायकों से जुड़ी सभी जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने दो दिवसीय दंतेवाड़ा प्रवास के पहले दिन गीदम विकासखण्ड के ग्राम हारम पहुंचे इस दौरान उन्होंने बिहान महिला समूहों द्वारा संचालित डेनेक्स नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्टरी का उद्घाटन किया और फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे वस्त्रों की गुणवत्ता की सराहना की उल्लेखनीय है कि दंतेवाड़ा जिले में गरीबी उन्मूलन के लिए जिला प्रशासन की पहल पर स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण देकर यह गारमेंट फैक्ट्री शुरू की गई है फैक्ट्री में उत्पादों की बिक्री के लिए ट्राईफेड सीआरपीएफ और एनएमडीसी के साथ अनुबंध किया गया है वहीं मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा जिले के प्रवास के दौरान गामावाड़ा गांव की देवगुड़ी पहुंचे उन्होंने वहां आंगा देव की पूजा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम पातररास भी पहुंचे और उन्होंने सर्व छत्तीसगढ़िया समाज एकता परिसर का शिलान्यास किया इसके बाद उन्होंने जिला मुख्यालय के हाईस्कूल मैदान में आयोजित आमसभा को संबोधित भी किया दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग के अति संवेदनशील क्षेत्रों में से एक दंतेवाड़ा जिले की बदलती तस्वीर देखने करीब पचास किलोमीटर का रास्ता सड़क मार्ग से तय कर विभिन्न विकास कार्यों और नवाचार का जायजा लिया राज्यपाल पिंक केयर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शास्त्री बाजार और पंडरी कपड़ा मार्केट में आधुनिक महिला प्रसाधन सह शिशु देखभाल केन्द्र पिंक केयर शुरू किया गया है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कल इसका लोकार्पण करते हुए इसे महिलाओं के लिए एक अच्छी शुरूआत बताया और इसकी सराहना की कार्यक्रम में महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि योजना के प्रथम चरण में रायपुर के सबसे पुराने बाजार और थोक कपड़ा व्यवसाय के महत्वपूर्ण केन्द्र पंडरी में पिंक केयर यूनिट शुरू की जा रही है महिलाओं की सुविधा के लिए प्रसाधन केन्द्र में सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन और गीजर की व्यवस्था की गई है आगंतुक महिलाओं के लिए एलईडी स्क्रीन भी लगाए गए हैं

यह दिन पोलियो रविवार के नाम से भी जाना जाता है राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में इस बार पांच साल तक के पैंतीस लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिहंदेव ने आज अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की कि वे अपने पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र ले जाकर पोलियो की खुराक अवश्य दिलवाएं पहले दिन आज पोलियो बूथ पर बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई वहीं छूटे हुए बच्चों को कल और परसों स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाएंगे अभियान के तहत लगभग चौदह हजार पोलियो बूथ बनाए गए थे माओवादी समाचार सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके में सुरक्षा बलों ने दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्रव ने बताया कि इन माओवादियों को तारलागुड़ा की पहाड़ियों से गिरफ्तार किया गया इनके पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है वहीं इसी जिले में सीआरपीएफ के जवानों ने सत्ताईस गड्ढ़ों से तीन सौ अंठानवे नग स्पाइक बरामद किए हैं माओवादियों ने ये स्पाइक सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पोलमपल्ली पालामड़गु के बीच लगा रखे थे

कार्यकारिणी में मीनल चौबे ममता साह सुषमा खलको शीतल नायक और रेखा मेश्राम को उपाध्यक्ष बनाया गया है जबकि विभा अवस्थी और पूर्व संसदीय सचिव चंपादेवी पावले को महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है इसी तरह शैलेनेंद्र परगनिया दीप्ति पांडेय श्याम बाई साह माया बेलचंदन संगीता शर्मा और भावना बेहरा प्रदेश मंत्री बनाई गई हैं वहीं भाजपा ने महिला जिलाध्यक्षों की भी सूची जारी की है भाजपा आरोप भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की क्नीतियों के चलते लगभग एक लाख किसान धान बेचने से वंचित रह गए हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की धान खरीदी की अवधि बढ़ाए जाने की मांग खारिज करके संवेदनहीनता का परिचय दिया है उन्होंने कहा कि राज्य में धान खरीदी एक माह विलंब से शुरू हुई खरीदी के पहले दिन से ही बारदाना संकट और अव्यवस्था के कारण किसानों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी शिक्षा आंकलन संचालक लोक शिक्षण जितेन्द्र शुक्ला ने समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक के विद्यार्थियों को विविध तरीकों से किए गए आंकलन के आधार पर प्रगति पत्र प्रदान करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने अपने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रदेश में पढ़ई तुंहर दुआर के अंतर्गत विभिन्न विधियों से ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं राज्य में संचालित की गई हैं विद्यार्थियों का आंकलन कर उसे वेबपोर्टल में भी अपलोड किया गया है विविध तरीकों से किए गए आंकलन के आधार पर ही विद्यार्थियों को प्रगति पत्र प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए पक्षी महोत्सव देश विदेश के अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों को पनाह देने वाले बेमेतरा जिले के गिधवा और परसदा गांव में आज से तीन दिवसीय पक्षी महोत्सव शुरू हुआ यह मध्य भारत का पहला पक्षी महोत्सव है छत्तीसगढ़ में लगभग डेढ़ सौ प्रजाति के पक्षियों का अनूठा संसार है जिनमें जलीय और थलीय दोनों ही प्रकार के पक्षी शामिल हैं महोत्सव के तहत कल और परसों पक्षी विशेषज्ञ अलग अलग विषयों पर अपने व्याख्यान देंगे इसके अलावा गिधवा से परसदा तक स्कूली बच्चों के लिए पिन टेल मैराथन का आयोजन किया जाएगा साथ ही लाईव फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी होगी बस्तर शांति दौड़ माओवाद प्रभावित बस्तर जिले में शांति स्थापना तथा शहीद सुरक्षा जवानों की स्मृति में आज जगदलपुर में बस्तर शांति दौड़ का आयोजन किया गया यह आयोजन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के मार्गदर्शन में एनएमडीसी नगरनार और भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से किया गया पांच किलोमीटर की बस्तर शांति दौड़ आज सुबह जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान से शुरू हुई जो विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस लालबाग मैदान पहुंची इस दौड़ में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन जिला पुलिस वन विभाग एनएमडीसी स्टेट बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों और मीडियाकर्मियों के अलावा आम नागरिक भी शामिल हुए हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्टज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे मौसम प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवा आने के कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है प्रदेश में बिलासपुर और सरगुजा संभागों में एक दो स्थानों पर शीतलहर चलने और हल्का कोहरा छाने की संभावना है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे कम तापमान छह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया

इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई ै वहीं बारह से अधिक लोग घायल हो गए हैं